उन्होंने कहा कि नवरात्रों और त्योहारों के मद्देनजर लोगों की सुविधा के लिये अंतरराज्यीय बस सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया है परिवहन मन्त्री ने कहा कि बसों के परिचालन के लिए कोरोना वायरस से बचाव के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा

मंत्रालय ने कहा कि यह अनुमति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधे प्रतिशत पर उन राज्यों के लिए है जिन्होंने जीएसटी लागू होने के कारण राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा दिए गए दो विकल्पों में से पहला विकल्प चुना था

लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं

शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने कहा है कि मंदिरों में आने वाले सभी श्रद्वालुओं को आरोग्य सेतू ऐप्प डाउनलोड करना अनिवार्य होगा उन्होंने मंदिरों के प्रवेश द्वार पर श्रद्धालुओं के लिए थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर अधिकांश समाचार पत्रों ने आज से शुरू हो रही अंतर्राज्यीय बस सेवा से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है सात माह बाद आज से बाहरी राज्यों के लिये चलेंगी एचआरटीसी बसें

दैनिक भास्कर ने लिखा है आज से पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ उत्तराखंड जाएंगी हिमाचल की बसें दैनिक जागरण हिमाचल दस्तक व अजीत समाचार के एक जैसे शब्द हैं अंतर्राज्यीय रूटों पर आज से दौड़ेंगी बसें दिव्य हिमाचल ने लिखा है बल्क ड्रग फार्मा पार्क को अब ऊना को नाम पहले नालागढ़ में फाइनल की गई थी जगह कोरोना से जुड़ी खबर पर अमर उजाला लिखता है मोदी संग मंच साझा करने वाले मंत्री मारकंडा भी कोरोना संक्रमित एक दिन पहले मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं पॉजिटिव सीएम कोरोना पॉजिटिव पर नहीं रुका कोई काम शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है घर से ऑनलाईन फाइलें देख रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दैनिक जागरण ने खबर दी है सीमेंट के दाम बढ़ाने पर उद्योग मंत्री ने मांगी रिपोर्ट सीमेंट कंपनियों के प्रतिनिधि तलब किये आपका फैसला ने लिखा है हीरो मोटोकॉर्प ने स्वास्थ्य विभाग को दिये चार वाहन इसी अखबार की एक अन्य खबर है शिमला में लगे भूकंप के झटके प्रदेश में बनी तीन और दवाओं के सैंपल फेल शीर्षक से अमर उजाला लिखता है ऊना में बने हैंड सेनेटाइजर बद्दी में गैस्ट्रिक और खून पतला करने वाली दवाएं शामिल